प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन श्रू

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीद शुरू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

टीकाकरण प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है इस चरण में अधिक संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है प्रदेश में भी आज से शुरू हुए टीकाकरण के नये चरण में लोगों ने उत्साह से कोविड टीका लगवाया उदयपर में टीकाकरण अभियान की शरुआत माहेश्वरी सेवा सदन में जिला कलेक्टर चेतन देवडा ने की जिले में इस चरण में लगभग पांच लाँख लोगों के टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बीडीके अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए वहीं सांसद नरेन्द्र क्मार ने मंडावा में टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण किया सीकर के सांसद सुमेधानन्द सरस्वती ने पाटन में वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया

हमारे संवाददाता ने बताया कि टीकाकरण कार्य की मॉनीटरिंग के उद्देश्य से आज जिला कलक्टर ने रैडक्रॉस भवन झााली जी का बराना और खटकड़ में कोविड टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया

केन्द्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से अप्रैल के महीने में हर रोज यानी सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ रविवार को भी निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निजी और सरकारी अस्पतालों में पूरी तैयारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं ये भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये योजना एक मई से लॉगू होगी

जोधपुर जिले प्रभारी सरकारी उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया

इस बीच राज्य सरकार ने किसानों को खरीद के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण के लिये राहत दी है अब किसान स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर ये पंजीयन करा सकेंगे राज्य सरकार ने हर जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मृख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना में प्रत्येक जिले को एक एक करोड़ रूपये हर साल आवंटित किए जाएंगे

इस योजना में ऐसी गतिविधियों और कार्यों को लागू किया जाएगा जिनके लिए कि पहले से चल रही सरकारी योजनाओं में प्रावधान नहीं हैं

इस मंजूरी से योजना के लाभार्थियों को ग्णवत्तापूर्ण आवास निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी उपलबध कराने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा सकेगा

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों और देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा

प्रसारण निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि ये जनता क्लिनिक तीन जिलों जयपुर जोधपुर और बीकानेर में खोले जायेंगे

इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार